देहरादून में आज से फिल्म एप्रिसियेशन कोर्स की पांच दिवसीय कार्यशाला शुरू कार्यशाला में युवाओं को एफटीआई पुणे से आये विशेषज्ञ फिल्म विधा से जुड़ी बारीकियों की जानकारी देंगे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हई बारिश होने के चलते गर्मी से राहत

नमो एप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में यूवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है नमो एप के जरिये आज देश भर के स्टार्टअप उद्यमियों और नवसुजन करने वाले युवाओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप कम्पनियां अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि छोटे शहर कस्बे और गांव भी अब स्टार्टअप कम्पनियों के जीवंत केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ डिजाइन इन इंडिया भी स्टार्टअप कम्पनियों के लिए बहत जरूरी है उन्होंने कहा कि स्टार्टअप क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पर्याप्त पूंजी हौसले और लोगों को जोड़ने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि आज कृषि समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों में र्स्टाटअप देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री ने नौजवानों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के लिए नये विचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया नमो एप जारी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंडिया एक्शन प्लान नाम का र्सटाटअप शुरू किया है ताकि देश के नये उभरते उद्यमियों को बढ़ावा मिले श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अब रोजगार सुजनकर्ता बन गये हैं और सरकार देश की इस विशाल आबादी का लाभ उठाने को वचनबद्व है स्टार्टअप कम्पनियों के लिए धन की उपलब्धता का जिक्र करते हए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इसके लिए दस हजार करोड़ रूपये की निधि बनाई है इससे पहर्ले श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ नमो ऐप के जरिए बातचीत की थी पहल महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने महिलाओं को बढ़ते हए अपराधों से बचाने के लिए कई पहल की हैं वे आज नई दिल्ली में पिछले चार वर्षो में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थीं

उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सरकार पहली बार समनवत ढंग से सहायता उपलब्ध करा रही है

देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह निर्देश दिए

बैठक के दौरान श्री रावत ने केदारनाथ में हेली सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने की शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था करने और अधिक किराया वसूल करने वाली कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं निर्देश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने राज्य से जुड़ी नेपाल और चीन की सीमा पर कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं सचिवालय में सीमांत सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सीमान्त क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण कार्य निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए बैठक में बताया गया कि चीन की सीमा पर बनने वाली न्यू सोबला तेदानग मार्ग निर्माण के लिए उपखनिज की अनुमति दे दी गई है चमोली जिले के सीमांत नीति गांव से नीति पास और सिमली ग्वालदम मार्ग के लिए जल्द अनुमति मिल जाएगी

इस दौरान अन्य सीमांत सड़क मार्गों के निर्माण की प्रगति की जानकारी भी दी गई

इसके तहत ड्राइवर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक के तबादले किए जा रहे हैं वित्त मंत्री प्रकाश पंत और आयुक्त राज्य कर सौजन्या की उपस्थिति में स्थानांतरण की परिधि में आने वाले सभी कार्मिकों और अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों के सापेक्ष विकल्प को ऑनलाईन लॉक किया गया

अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने इस सरकार की इस व्यवस्था का स्वागत किया है उनका कहना है कि इससे तबादलों में पारदर्शिता आएगी कार्यशाला मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में आज फिल्म एप्रिसियेशन कोर्स की पांच दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया

कार्यशाला को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को जल्द ही फिल्म डेस्टीनेशन के रूप में पहचाना जाएगा उन्होंने कहा कि फिल्म शुटिंग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त होता है गौरतलब है कि इस कार्यशाला के सफल आयोजन के बाद अल्मोड़ा और टिहरी में भी इस तरह के कोर्सों का आयोजन किया जाएगा इसके अलावा आगामी जुलाई के महीने में देहरादून में पटकथा लेखन कोर्स भी कराया जायेगा फिल्म एप्रिसियेशन कोर्स के प्रति युवाओं में काफी उत्साह है

कार्यशाला को एफ टीआई के निदेशक भूपेन्द्र कैथौला और सूचना सचिव डॉक्टर पंकज पाण्डेय और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने भी संबोधित किया मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल देर रात बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिली है देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी है और प्रदेश के कई हिस्सों में आज रूक रूककर बारिश हो रही है

समारोह हल्द्वानी में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ से लाभ प्राप्त लाभार्थियों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया केन्द्र सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद भगत सिंह कोश्यिारी ने केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी उज्वला योजना सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओ की जानकारी देते हए श्री कोश्यारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

नई दिल्ली में श्री प्रधान के साथ मुलाकात में उन्होंने राज्यहित से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की

इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान ने दो शून्य की अजेय बढ़त बना ली है

उत्तरकाशी में पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं इसी क्रम में जिले की जोशियाडा झील में कैफे ऑन द वेव्स रेस्टोरेन्ट शुरूआत की गई है इससे यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा